प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा अंतरिम बजट में सभी क्षेत्रों और सभी वर्गो का रखा गया है ध्यान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित भाजपा ने बजट को ऐतिहासिक बताया कांग्रेस ने लोक लुभावन करार दिया पर्वतीय इलाकों में फिर हिमपात निचले क्षेत्रों में वर्षा से प्रदेश में जबरदस्त शीतलहर जारी

इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम बताते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की इस योजना से छह हजार रुपये की सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी केन्द्र सरकार की इस योजना को पिछले साल पहली दिसम्बर से लागू किया जा रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को साठ साल के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी बजट में आयकर की मौजूदा दरो में कोई बदलाव नहीं किया गया है व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपये की गई है

इससे तीन करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंश्नभोगियों को चार हजार सात सौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ होगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बजट में सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और यह राष्ट्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है बजट बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट है

उन्होंने कहा कि बजट समाज के सभी वर्गो की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आने वाले वर्षो के लिए विकास का एजेंडा तैयार करेगा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अंतरिम बजट को ऐतिहासिक करार देते हए कहा कि आजादी के बाद ये पहला ऐसा बजट है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी बजट में की गई घोषणाओं को समाज के सभी वर्गों के लिए राहत देने वाला बताया है बजट प्रतिकिया इस बीच अंतरिम बजट पर विभिन्न राजनीतिक दलों और समाज के अलग अलग वर्गो ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बजट की सराहना करते हुए इसे सकारात्मक प्रगतिशील और देश के सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरने वाला करार दिया है

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केन्द्रीय बजट को देश के हर वर्ग व क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाला बताया है उन्होंने कहा है कि आज तक का ये सबसे बेहतर बजट है और हर वर्ग को राहत देने का सरकार ने प्रयास किया है

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने अंतरिम बजट को भविष्य का रोड़ मैप करार दिया है सांसद अनुराग ठाकुर ने बजट को हर वर्ग के लिए फायदेमंद बताया है

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि देश में इस वर्ष हो रहे आम चुनावों को देखकर लोगों को लुभाने का ये एक असफल प्रयास है उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए न कोई प्रस्ताव है न ही कोई योजना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केन्द्रीय बजट को लोक लुभावन बताते हुए कहा कि इससे आम आदमी और किसान निराश हैं विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि बजट में हिमाचल के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई हैं और प्रदेश को पूरी तरह नज़रअदांज किया गया है

इस विधेयक को विधानसभा में रखा जाएगा

मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हो रहे हिमपात और अन्य भागों में वर्षा से जबरदस्त ठंड पड़ रही है जनजातीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि लाहौल घाटी के चौखंग में हिमखंड खिसकने से एक पुल ढह गया है जिससे नैनगाहर गवाड़ी और छोगजिंग गांवों का सड़क सम्पर्क कट गया है उधर चंबा जिले में बर्फबारी व बारिश का दौर जारी है जिससे कई स्थानों पर सड़क सम्पर्क बाधित हो गया है कुल्लू ज़िले की ऊंची चोटियों पर आज बाद दोपहर से फिर हिमपात और निचले हिस्सों में वर्षा हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सासे के मुताबिक लाहौल स्पिति व कुल्लू जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी को देखते हुए ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है निचले जिलों में भी कई स्थानों पर वर्षा का समाचार है राजधानी शिमला में वर्षा के साथ ओलावृष्टि जबकि साथ लगते पर्यटक स्थलों कुफरी व नालदेहरा में हिमपात हुआ है